मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हए सरकारी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि एक सौ तीनवें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा लाया गया है तथा इस सन्दर्भ में केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार के सवर्णो के लिये उपरोक्त आरक्षण को यथावत लागू करने का निर्णय लिया है एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने एक जनपद एक उत्पाद विपरण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की इसके तहत विन्हित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने तथा ई मार्केटिंग के जरिये उसके विपणन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसके अन्तर्गत प्रदेश में प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में तथा विदेशों में आयोजित होने वाले मेला और प्रदर्शनियों में चिहिन्त उत्पादों के विपणन के सन्दर्भ में यह सहायता राशि प्रदान की जायेगी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि चित्रकूट में आयोजित होने वाला रामायण मेला अब जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जायेगा तथा इस पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहने करेगी मंत्रिमंडल ने अपने एक अन्य फैंसले में मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडिल दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी

आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगले सप्ताह इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और ब्वौरा हमारे संवाददाता से सीबीआई की ओर से अवैध खनन मामले में दर्ज केस के मुताबिक तब हमीरपुर की जिलाधिकारी के तौर पर तैनात रही बी चन्द्रकला ने ई टेन्डर नीति के खिलाफ जाकर कई खनन पट्टे जारी किए कुछ दिन पहले सीबीआई ने चन्द्रकला के लखनऊ और नोएडा के घरों पर छापे मारकर दो बैंक खाते और एक लॉकर सील करने के साथ ही कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे उस दौरान कानपूर में समाजवादी पार्टी के विधानपरिषद सदस्य रमेश मिश्रा के घर पर भी छापे मारे गए थे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से एक समाचार एजेंसी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कल रात गर्मी के मौसम में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक के दौरान दिया विजली चोरी रोकने का निर्देश देते हुये इसमें लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने बैठक में दिया उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में लाइन लॉस दस प्रतिशत से कम हो उन क्षेत्रों में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला मुख्यालयों में चौबीस घंटे तहसीलों में बीस घंटे तथा गांवों में अट्ठारह घंटे विद्युत आपूर्ति हर हाल में की जाए बैठक में मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चन्द पाण्डेय अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव क्मार मित्तल प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक क्मार मौजूद रहे

नई दिल्ली में संवाददाताओं से आज बातचीत में इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने बताया कि नवाचार और सुजनात्मकता को बढ़ावा देने तथा अंतरिक्ष यान उद्योग को सशक्त करने के लिए इसरो ने इस वर्ष कई योजनाए बनाई हैं उन्होंने कहा कि दिसम्बर दो हजार इक्कीस में देश के पहले मानवचलित अंतरिक्षयान गगनयान में तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा डॉ सिवन ने बताया कि दो हजार इक्कीस में गगनयान के मानवरहित परीक्षण मिशन में जानवरों की बजाय हिमोनॉयड्स यानी मानवाभ मशीन भेजी जाएगी